कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा सरकार गांव गरीब और किसान के विकास के लिये प्रतिबद्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राज्य का बजट कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा

प्रदेश में मौसम के बदलाव के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आई माउंट आबू में पारा फिर जमाव बिंदु पर पहुंचा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रतापगढ़ जिले में उपखण्ड अधिकारी विनोद कुमार मेल्होत्रा के नेतृत्व में छोटी सादड़ी राजस्व विभाग की टीम आज पैदल मार्च निकालकर जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंची झुंझुनूं में नगर निकायों के अधिकारियों कार्मिकों और सफाई कर्मचारियों को आज वैक्सीन लगाई गयी नगर परिषद आयुक्त ने आज टीका लगवाने के बाद बताया कि नगर परिषद के चार सौ से अधिक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा टोंक में भी नगर परिषद और देवली नगर पालिका में कर्मचारियों को टीके लगाये गये अलवर में आज जिला कलक्टर नन्नूमल पहाड़िया को टीका लगाया गया ब्रूंदी में नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों वैक्सिन लगाई गई

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक एक करोड चार लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो गये हैं

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड आठ लाख से अधिक हो गई है

श्रोता इस कार्यक्रम के दौरान स्ट्रडियों में मौजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य तथा राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल से सीधी बातचीत कर जानकारी ले सकते है

इस बीच इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉ नरेन्द्र सैनी ने कहा कि कोरोना के संबंध में अब हर्ड इम्यूनिटी की बात कही जा रही है इस बारे में अभी निश्चित कुछ भी नहीं है इसलिए लोगों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए साथ ही साथ उन्हें मास्क का उपयोग भी करना चाहिए

राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृ षिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं

कोरोना स्न प्रभावित अर्थव्यस्था को उमारने की इच्छा शक्ति के साथ सभी सुझावों को आधार पर ऐसा समावेशी बजट लाने का प्रयास करेंगे जिससे राज्य में उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन मिले मुख्यमंत्री ने आज वीडियो क्रांफ्रेंस के माध्यम से परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की उन्होंने युवाओं महिला प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्र प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनके विचार लिये

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस रेल लाइन का काम इस साल पूरा हो जायेगा

माउंट आब्र में पारा फिर से जमाव बिन्द्र पर पहुंच गया है

रैली को एडीशनल एसवपी वंदिता राणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया रैली में शामिल महिलाओं ने यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया